राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर गुजरात के केवड़िया में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी है उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारत की एकता की सबसे बड़ी शक्ति हमारा प्रगतिशील संविधान है

वहीं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संविधान से जुडे विभिन्न विषयों पर राज्य भर में परिचर्चा और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है

उदयपुर में इस अवसर पर विधि विभाग की ओर से एक वेबिनार आयोजित की गई इसके साथ ही नया बंधु कार्यक्रम की ई लॉन्चिंग की गई आज ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बनने वाले संविधान पार्क का ऑनलाइन शिलान्यास किया

खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया स्कूलों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा इस अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान श्री रिजिजू ने स्कूली जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा की और कहा कि छात्र भारत को फिट बनाने में प्रेरक शक्ति है

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई स्थानों पर बरसात हुई है राजधानी जयपुर में अल सुबह बारिश हुई और कई इलाकों में ओले गिरे सवाई माधोपुर बूंदी दौसा बीकानेर भरतपुर अलवर राजसमंद करौली और सीकर से भी बरसात की खबर मिली है बारिश के कारण उत्तर पश्चिमी इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है